शुरुआत कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरते सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बनाना जरूरी है उन्होंने इसकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है

इन राज्यों में जिलेवार स्थिति की जानकारी उन्हें दी गई प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि केंद्र और राज्य सरकारें नियमित रूप से संपर्क में बने हुए हैं और अनुमानित मांग संबंधी आंकड़े राज्यों के साथ साझा कर रहे हैं

प्रधानमंत्री को मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश में इसके उत्पादन के बारे में भी बताया गया उन्हें जानकारी दी गई कि स्टील संयंत्रों के पास उपलब्ध ऑक्सीजन के स्टॉक को भी चिकित्सा उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी ने अधिकारियों को पूरे देश में ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया बैठक में बताया गया कि सरकार ने ऑक्सीजन टैंकरों के अंतर राज्य आवाजाही को परमिट से छूट दे दी जाए ऑक्सीजन सिलेंडर भरने वाले संयंत्रों को चौबीसों घंटे काम करने की अनुमति दी जाएगी सरकार औद्योगिक सिलेंडरों को चिकित्सा ऑक्सीजन सिलिंडरों के रूप में उपयोग करने की अनुमति दे रही है प्रधानमंत्री को मेडिकल ऑक्सीजन के आयात के बारे में भी बताया गया सर्वदलीय बैठक कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सभी दलों के साथ बैठक करेंगे कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कड़े फैंसले लेने के पूर्व सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने की कवायद के तहत उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है बैठक आज शाम साढ़े छह बजे वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये होगी बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्षों अथवा प्रतिनिधियों को शामिल रहने का आग्रह किया गया है मुख्यमंत्री सचिवालय ने सभी दलों के नेताओं से बैठक को लेकर संपर्क किया है संभावना जताई जा रही है कि बैठक में कोरोना से निपटने के लिए कड़े उपायों पर चर्चा की जाएगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अधिकारियों संग उच्चस्तरीय बैठक के बाद कहा था कि सरकार परिस्थितियों का आकलन कर निर्णय करेगी झारखंड कोरोना राज्य भर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान तीन हजार आठ सौ तैतालीस नए कोरोना संक्रमित मिले हैं इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख पचपन हजार एक सौ पंद्रह पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर एक हजार तीन सौ तिरानबे लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख तीस हजार छह सौ चौरानबे पहुंच गई है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर तेइस हजार पैतालीस पहंच गई है राज्य भर में कल छप्पन कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की क्ल संख्या बढ़कर एक हजार तीन सौ छिहतर पहुंच गई है कल मिले नए संक्रमितों में रांची के एक हजार तीन सौ बहतर पूर्वी सिंहभूम के सात सौ नौ हजारीबाग के एक सौ बेयासी देवघर के एक सौ तिहतर कोडरमा के एक सौ उनसठ बोकारो के एक सौ चालीस रामगढ़ के एक सौ छत्तीस ग्रमला के एक सौ बारह पश्चिमी सिंहभूम के एक सौ सात सहित अन्य जिलों के मरीज शामिल हैं इधर रांची सदर अस्पताल में लोहरदगा के स्टेशन मास्टर की कोरोना से इलाज के दौरान मौत हो गई है उधर गढ़वा जिले के रमना के अंचल अधिकारी कोरोना संक्रमित संजीव भारती की मौत रांची लाने के क्रम में हो गई स्पेशल स्टोरी सिमडेगा सिमडेगा जिले में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए प्रशासन की ओर से ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड वेंटिलेटर और सामान्य बेड की अधिक से अधिक व्यवस्था की जा रही है

शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ छह उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं झारखंड के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की पिछले साल कोविड से मौत के बाद मधुपुर विधानसभा सीट खाली थी इस उपचुनाव में मतदाताओं की संख्या तीन लाख बाइस हजार नब्बे है उपचुनाव को लेकर देवघर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं कोरोना को लेकर मतदाताओं से दो गज की शारीरिक दूरी का पालन करने के साथ साथ मास्क पहनने की अपील की गई है

लालू की जमानत पर कल ही सुनवाई होनी थी लेकिन झारखंड हाई कोर्ट परिसर को सेनेटाइज करने की वजह से उनकी जमानत पर सुनवाई टल गई इस संबंध में हाई कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया था

बोर्ड ने सुचित किया है कि परीक्षा की नई तारीखों पर अंतिम निर्णय इस वर्ष जून के प्रथम सप्ताह तक लिया जाएगा

निधन परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की पत्नी बलमदीना एक्का का अंतिम संस्कार कल गुमला जिला स्थित पैतृक गांव जारी में राजकीय सम्मान के साथ किया गया इस मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी सैनिक कल्याण निदेशालय के अधिकारी और सेना के जवान उपस्थित थे ईसाई विधि से मिस्सा पूजा कराने के बाद चर्च के पुरोहितों ने बलमदीना का अंतिम संस्कार कराया परमवीर अलबर्ट एक्का के समाधि स्थल के बगल में ही उन्हें दफनाया गया है सामान जब्त सरायकेला खरसावां जिले में बांडेड कंपनियों के नकली सामान बेचने के आरोप में दो दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया है यह जानकारी विभाग के खाद्य निरीक्षक धनपत महतो ने दी उन्होंने बताया कि जब्त सामान के नमूनों की जांच रांची में कराई गई थी आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को छह विकेट से हरा दिया

आईपीएल में आज चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में शाम साढे सात बजे मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा संक्षिप्त खबर जमशेदपुर में रविवार को पत्नी दो बेटी और ट्यूशन टीचर की हत्या के आरोपित दीपक कुमार को धनबाद थाना की पुलिस ने कल दोपहर पुलिस लाइन स्थित एचडीएफसी बैंक के पास से गिरफ्तार कर लिया है इसके बाद देर शाम जमशेदपुर कदमा थाना की पुलिस धनबाद पहुंची और दीपक को अपने साथ ले गई

एसडीओ मनीष कुमार की अगुवाई में स्वस्थ हुए लोगों को पुष्पगुच्छ और चॉकलेट देकर विदाई दी गई अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने कोरोना के बढ़ते मामलों की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दूसरी लहर का आकलन करने में चूका स्वास्थ्य विभाग राज्य में ध्वस्त होती चली गई व्यवस्था शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित किया है वहीं हिंदुस्तान का शीर्षक है संक्रमण की सुनामी झारखंड की सेहत पर भारी दैनिक जागरण ने लिखा ई डराने लगा कोरोना चौबीस घंटे में छप्पन की मौत वहीं दूसरी ओर दैनिक भास्कर का शीर्षक है मरीज मर रहे और सात जिलों में पीएम केयर फंड से मिले साठ वेंटिलेटर बेकार अंग्रेजी में प्रकाशित द टाईम्स ऑफ इंडिया ने झारखंड में कोरोना के एक दिन में छप्पन मौत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है